वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कुटलैहड़ में ईको टूरिज़्म प्रोजैक्ट जल्द होगा आरंभ

महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा की थी

इस दौरान प्रधानमंत्री सिस्सू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज लाहौल घाटी में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल टनल लाहौल के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और इससे कृषि बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि टनल के खुलने के बाद इसी साल लाहौल में शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा

कुल्लू जिला प्रशासन ने सोलंग नाला सहित अटल टनल रोहतांग के क्षेत्र में पैराग्लाईडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का संचालन न करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा पर्यटकों को सोलंग नाला व मनाली के उपरी क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है

मंडी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हो सके उन्होंने लोगों से शिवा प्रोजैक्ट के तहत क्लस्टर बनाने और बागवानी के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया

वे आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाई गई सिटी एडवाइजरी फोरम के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे भारद्वाज ने सभी संबद्व विभागों को आपसी तालमेल से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए

पठानिया ने कहा कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस अब शिमला में ही मिलेगी इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि क्टलैहड़ क्षेत्र में पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी

प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केन्द्र सरकार किसान व मज़दूर विरोधी कानून को वापिस नहीं ले लेती उन्होंने कहा कि इस कानून से देश में जमाखोरी व कालाबाजारी बढेगी और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा

सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और समुद्व राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण आवश्यक है गर्ग ने कहा कि पोषण अभियान का उददेश्य लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक करना है उन्होंने लोगों से कुपोषण को दूर करने में सहयोग का आहवान भी किया इस बीच पोषण माह के दौरान चंबा ज़िला के आंगनबाड़ी केन्द्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर धात व गर्भवती महिलाओं को सही पोषण के प्रति जागरूक किया और बच्चों को भी पोषाहार वितरित किया